प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि साफ सफाई और तंदरूस्ती देश के सामने दो बड़े मुद्दे हैं जिनकी बीमारियों से निपटने में अहम भूमिका है अभिनेता अक्षय कुमार को दिये गैर राजनीतिक इंटरव्यू में श्री मोदी ने कहा की स्वच्छता के बारे में उन्हें हमेशा महात्मा गांधी से प्ररेणा मिली है प्रधानमंत्री ने नौ करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का श्रेय पूरे देश को दिया श्री मोदी ने कहा कि जब वे प्रधानमंत्री बने तो अन्य प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा उनकी स्थिति बेहतर थी क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें सुधार के कामों का व्यापक अनुभव प्राप्त हो चुका था

चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारिकियों से काम करना पड़ता है ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला मैं समझता हूं कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत दी है जो देश के काम आ रहा है राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि मतदान करना राष्ट्र धर्म है मतदान के माध्यम से हर आम नागरिक सरकार गठन में सहभागी होता है राज्यपाल और उनकी पत्नी न आज लखनऊ स्थित राजभवन से लोकसभा चुनाव के लिये पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया श्री नाईक मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के मतदाता है जहां आगामी उन्तीस अप्रैल को मतदान होना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी से नामांकन करते ही मोदी लहर सुनामी में बदल जायेगी कल वाराणसी में गोरक्ष और काशी क्षेत्र के मीडिया सेन्टर का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से उन्होंने यह बात कही भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि श्री मोदी काशी में पच्चीस अप्रैल को रोड शो करने के बाद छब्बीस अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी शामिल होंगे श्री शाह ने कहा कि यहां पर पांच साल में विकास का जो अध्याय लिखा गया है वह आने वाले पांच साल में पूरा हो जायेगा साथ ही गंगा नदी भी पूरी तरह से निर्मल हो जायेगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ईवीएम को लेकर लगाये गये आरोप पर अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को जब चुनाव में हार दोखने लगती है तो वे ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना बनाने लगते हैं प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीन चरणों के मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो जाने के बाद चौथे तथा बाद के चरणों के चुनाव के लिये प्रचार अभियान में तेजी आ गई है आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा जनसभाएं और रोड शो किये गये भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा सरकार ने राज्य में बहुत सी विकास योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही किसानों और युवाओं का भला कर सकती है उन्होंने न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जो वादा किया है उसे पूरा करके दिखायेंगे इस मौके पर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जनसभा को संबोधित किया कांग्रेस की महासचिव और चुनाव के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र के खागा और गाजीपुर की जनसभाओं में कहा कि कांग्रेस वह पार्टी है जो अपने वायदा को पूरा करती है

प्रियंका गांधी ने हमीरपुर में चुनावी जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री किसानों बेरोजगारों और व्यापारियों के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं उन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल में इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने महोबा में भी रोड शो कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई में चूनावी रैली में कहा कि भाजपा ने लोगों का विश्वास खो दिया ह उन्होंने कहा कि पार्टी ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया है अखिलेश यादव ने आज कानपूर में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका गठबंधन महा परिवर्तन का गठबंधन है जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिये काम करेगा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

लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी है

वहीं गाजीपुर सीट से गठबंधन से बसपा नेता अफजाल अंसारी ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया बलिया और मिर्जापुर लोकसभा सीट से आज एक एक प्रत्याशी ने नामांकन भरा गोरखपुर की बांसगांव सुरक्षित सीट से निवर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान और गोरखपुर संसदीय सीट से भाजपा के रवि किशन ने कल अपना नामांकन किया कुशीनगर सीट से सपा उम्मीदवार नथ्नी प्रसाद और अपना दल यूनाइटेड के अमीरूद्दीन सहित तीन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया वहीं देवरिया से बसपा के विनोद कुमार जायसवाल और महराजगंज से भारतीय किसान यूनियन पार्टी के मनोज कुमार राणा ने भी नामांकन किया इस चरण के लिये प्रत्याशी उन्तीस अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकत हैं जबकि नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को होगी नाम वापसी की अंतिम तिथि दो मई है मतदान उन्नीस मई को होगा प्रदेश में चौथे चरण में तेरह सीटों पर सोमवार उन्तीस अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरो पर है जहां जिला प्रशासन द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वहीं राजनीतिक दलों के बड़े नता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं इटावा सुरक्षित सीट से भाजपा प्रत्याशी और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया कन्नौज से निवर्तमान सांसद और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव फर्रूखाबाद से कांग्रेस के नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद चुनाव मैदान में हैं वहीं कानपुर से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सत्यदेव पचौरी का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से हैं जबकि उन्नाव में भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद साक्षी महाराज चुनाव मैदान में हैं इस चरण में शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर में चुनाव होगा उच्चतम न्याययालय ने प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई को यौन शोषण के आरोपों में फंसाये जाने के षडयंत्र के बारे में एक वकील के दावे पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो खुफिया ब्यूरो और दिल्ली पुलिस प्रमुख को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है न्यायाधीश अरूण मिश्रा की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की विशेष खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है अधिवक्ता उत्सव सिंह बैन्स ने उच्चतम न्यायालय में जमा रिपोर्ट में दावा किया है कि यौन शोषण मामले में प्रधान न्यायाधीश को फंसाये जाने का षड़यंत्र रचा गया है